स्व सहायता समूहों की महिलाएं अपने गांव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में सरकार उनकी मदद करेगी

उन्होंने कहा कि सरकार आपकी आमदनी बढ़ाने के लिये प्रयासरत है आपको अब बच्चों की यूनिफार्म बनाने का कार्य भी दिया जा रहा है कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या साढ़े दस हजार के करीब पहुॅच गई है

कटनी जिले में आज एक ही परिवार के चार सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गये हैं

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी श्रमिकों की मौत पर शोक संवेदना जताई है

इस प्रतियोगिता में शिक्षकों को बताना होगा कि कोरोना संकटकाल में अपने शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन से शैक्षिक नवाचार किये मंदिर घंटी कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में अब मंदिर में घंटी भी बजा सकते हैं इसके लिये मंदसौर में खास इंतजाम किये गये हैं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

आजीविका मिशन जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने और कम लागत में अधिक फायदे की खेती करने के लिये किसानों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के ग्राम रलायती के श्रीराम समूह की सदस्य भग्गूबाई द्वारा आजीविका मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है

खाद के विक्रय हेतु उन्हें किसानों से आर्डर भी प्राप्त हो रहे है पोर्टल आरोग्य पथ राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करने के लिये एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है

साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा इस पर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी दर्ज होगी इससे अस्पतालों प्रयोगशालाओं शोध संस्थानों चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी मौसम प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दस्तक देने की संभावना है

वहीं रीवा सागर भोपाल ग्वालियर चंबल उज्जैन शहडोल संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं वहीं प्रदेश के कई जिलों में आज भी प्री मानसून बारिश हुई शहडोल और सतना जिले में आज बारिश होने से लोगो को गर्मी और उमस से राहत मिली सतना जिले के ग्राम बुढ़ागर में आज बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई जबलपुर में भी आज हल्की बारिश हुई जिससे लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की

नमस्कार